कहा राज्य अपने स्तर से दिशा निर्देश में नहीं कर सकते हैं कोई बदलाव

दिये जायेंगे एक एक हजार रूपये और मुफ्त अनाज

कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिये विस्तारित लॉकडाउन के बीच प्रदेश में आज से कुछ सेवाओं में छूट दी गयी है साथ ही सरकारी कार्यालयों में भी काम शुरू हो गया है केन्द्र सरकार के निर्देश पर अधिक संक्रमण वाले इलाकों में यह छूट लागू नहीं है राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार किराना दुकानें दूध दुकानें मेडिकल स्टोर और सब्जी बाजार पूर्व की तरह खुले हुए हैं वहीं कृषि यंत्र तथा खाद बीज की दुकानें भी आज से खुली हैं गाड़ियों के वाशिंग सेंटर और टायर पंक्चर की दुकानों समेत गैराज को भी काम करने की अनुमति दी गयी है इसके अलावा ट्रांसपोर्ट कंपनियां भी काम करने लगी हैं ग्रामीण क्षेत्रों में भवन निर्माण से जुड़ी सामग्री बेचने वाले प्रतिष्ठान भी आज से खुल गये हैं वसुधा केन्द्र भी आज से संचालित हो रहे हैं किताब की दुकानों को होम डिलिवरी की सुविधा दी गयी है बिजली मिस्त्री प्लंबर और बढ़ई जैसे स्व रोजगार करने वाले लोग भी अब काम कर सकेंगे हाई वे पर स्थित होटल ढाबे और मोटर मैकेनिकों के गैराजों को भी खोलने की अनुमति दी गयी है लेकिन उन्हें इसके लिए जिला परिवहन कार्यालय से अनुमति लेनी होगी इधर प्रदेश में लॉकडाउन के बीच आज से सरकारी कार्यालय भी खुल गये हैं केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार कर्मचारियों की संख्या सीमित रहेगी और नई गाईडलाईन के अनुरूप ही इन कार्यालयों में कामकाज किया जा रहा है कार्यालय में प्रवेश से पहले सभी कर्मियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है जमीन की रजिस्ट्री का काम भी आज से शुरू हो गया है हालांकि इसके लिये पहले ऑनलाईन अनुमति लेनी होगी केन्द्र सरकार ने राज्यों से सख्ती के साथ लॉकडाउन का पालन कराने को कहा है गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि कुछ राज्य ऐसी गतिविधियों को अनुमति दे रहे हैं जो गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अन्तर्गत नहीं हैं उन्होंने कहा कि राज्य अपने स्तर से दिशा निर्देश में कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं

श्री पांडेय ने कहा कि आज से कुछ क्षेत्रों में छूट दी गयी है इसका मतलब यह नहीं है कि सभी लोग रोड पर निकलने लगे उन्होंने कहा कि जो भी लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुये पकड़े जायेंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी

उन्होंने कहा कि जो भी लोग सोशल मीडिया पर अफवाह फैलायेंगे उन्हें किसी भी कीमत नहीं छोड़ा जायेगा राज्य में आज कोरोना वायरस संक्रमण का कोई नया मामला सामने नहीं आया है संक्रमित व्यक्तियों की संख्या फिलहाल छियानवे पर स्थिर है इलाज के बाद पैंतालीस लोग स्वस्थ हो गये हैं जबकि दो की मृत्यु हुई है कल भोजपुर जिले में संक्रमण का एक नया मामले सामने आने के बाद अब संक्रमित जिलों की संख्या बढ़कर चौदह हो गयी है इधर वैशाली के जिस युवक की कोरोना संक्रमण से मौत हुई थी उसकी आरएमआरआई पटना में हुई जांच रिपोर्ट निगेटिव आयी है साथ ही पटना के खाजपुरा मुहल्ले की महिला जिसका अभी एम्स में कोरोना का इलाज चल रहा है उसकी भी रिपोर्ट निगेटिव आयी है इन दोनों ही मामले में पहले एम्स में जांच हुई थी जिसमें कोरोना पॉजिटिव पाया गया था स्वास्थ्य विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पूरे मामले की जांच चल रही है कि किस तरह एक रिपोर्ट पॉजिटिव आयी और उसके तुरंत बाद करवायी गयी दूसरी जांच की रिपोर्ट निगेटिव आयी है इधर प्रदेश भर में घर घर चलाये जा रहे सर्वेक्षण अभियान के तहत कल तक छत्तीस लाख चौदह हजार से अधिक घरों का सर्वेक्षण किया गया इस दौरान विदेश से लौटे तेईस लोगों में खांसी बुखार और सर्दी की शिकायत मिली है जबकि अन्य राज्यों से लौटे एक सौ अड़तीस और एक हजार एक सौ चौहत्तर स्थानीय लोगों में ऐसे लक्षण पाये गये अभी तक आठ सौ निन्यानवे लोगों के नमूने कोरोना जांच के लिये एकत्र किये जा चुके हैं देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर सत्रह हजार छह सौ छप्पन हो गयी है इनमें से दो हजार आठ सौ इकतालीस लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गयी है जबकि पांच सौ उनसठ की मौत हो चुकी है केन्द्र सरकार ने कहा है कि देश में कोरोना के प्रसार दर में कमी आयी है आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि अभी देश में साढ़े सात दिन में मामले में दोगुने हो रहे हैं जबकि बिहार सहित अठारह राज्यों में मामलों के दोगुने होने की दर राष्ट्रीय औसत से भी काफी अच्छी है

रमजान का महीना पच्चीस अप्रैल से शुरू होने की उम्मीद है इमारत ए शरिया के कार्यवाहक नाजिम मौलाना शिबली अल कासमी ने बयान जारी कर मुसलमानों से सरकार के आदेश और दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है रमजान के दौरान घर पर ही कुरान की तिलावत करने और तरावीह की नमाज अदा करने की अपील की गयी है साथ ही इफ्तार पार्टी का भी आयोजन नहीं करने को कहा गया है राज्य सरकार ने कहा है कि कोरोना संक्रमण को लेकर आपदा शिविरों में रहने वाले लोगों को बाढ़ राहत शिविर जैसी सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने सभी जिलाधिकारियों को जारी पत्र में कहा है कि जो लोग शिविर में रह रहे हैं उन्हें कपड़ा बर्तन दूध और भोजन समेत अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करायी जाये जो लोग शिविर में रहकर खुद खाना बनाते हैं उन्हें उसका भूगतान किया जाये शिविर से जाने के समय लोग कपड़ा और बर्तन ले जा सकते हैं केन्द्र सरकार ने मनरेगा के तहत श्रमिकों को दिये जाने वाले पारिश्रमिक में औसतन बीस रूपये प्रतिदिन की बढ़ोतरी की है ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है राज्य सरकार ने कहा है कि प्रदेश में अब तक नौ लाख से अधिक ऐसे परिवारों की पहचान हुई है जिनके पास राशन कार्ड नहीं है सूचना और जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि इन सभी चिन्हित परिवारों को राशन कार्डधारी परिवारों की तर्ज पर एक एक हजार रूपये और मुफ्त अनाज दिये जायेंगे उन्होंने बताया कि जीविका दीदियों के माध्यम से ऐसे लोगों की पहचान का काम जारी है प्रदेश के कुछ हिस्सों से ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि जन वितरण प्रणाली के द्वकानदार मुफ्त अनाज देने के बदले पैसे की मांग कर रहे हैं

ऐसा नहीं करने पर अगले सिलेंडर का पैसा नहीं आयेगा

केन्द्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने कहा है कि सरकार समय से पहले किसानों को उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है

रेलवे राज्य और बंदरगाहो के ठोस प्रयासों के चलते उर्वरक विमाग देश में किसानों की मांगों को पूरा करने के लिए उर्वरकों का प्रयाप्त उत्पादन और आपूर्ति सुनिश्चित कर रहा है यह कदम उर्वरक और रसायन मंत्रालय द्वारा आगामी खरीफ मौसम के लिए किसानों को उर्वरक की प्रयाप्त उपलब्धता कराने के लिए की गई प्रतिबद्धता के अनुरूप है क्योंकि उर्वरकों की रवानगी समान्य काल के दौरान होने वाली रवानगी के साथ मेल खा रही है केंद्र सरकार ने देश में उर्वरक संयेत्रों के चालन की अनुमति दी है ताकि लॉकडाउन के कारण कृषि क्षेत्र को नुकसान न हो सुपर्णा सैकेया के साथ भूपेंद्र सिंह आकाशवाणी समाचारदिल्ली लॉकडाउन का उल्लंघन कर जहानाबाद में भोज में शामिल होने वाले जहानाबाद के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रभात भूषण और मखदुमपुर के अंचलाधिकारी राजीव रंजन को निलंबित कर दिया गया है गौरतलब है कि ये सभी शिक्षा मंत्री के निजी सहायक पिंट् यादव की ओर से आयोजित एक भोज में शामिल हुए थे इस मामले में तीस लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई है जिसमें मखदुमपुर के प्रखंड विकास पदाधिकारी अनिल मिस्त्री भी शामिल हैं इधर शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा ने अपने निजी सहायक को हटाने की सिफारिश की है उन्होंने कहा कि नियम तोड़ने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जायेगा नवादा के हिसुआ से भाजपा विधायक अनिल सिंह द्वारा अपनी बेटी को सरकारी वाहन से कोटा से लाये जाने के मामले में उनके चालक से स्पष्टीकरण मांगा गया है विधानसभा सचिवालय द्वारा पूछा गया है कि सरकारी वाहन का किस तरह अन्य काम में उपयोग किया गया मुजफ्फरपुर में दूरदर्शन के संवाददाता मोहम्मद खालिद की रिपोर्टिंग के समय पुलिस ने पिटायी कर दी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सिटी एसपी नीरज कुमार ने दो दोषी सिपाहियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है प्रदेश में अब तक लॉकडाउन उल्लंघन के मामले में एक हजार एक सौ बयालीस लोगों को गिरफ्तार किया गया है एक हजार दो सौ चौरानवे प्राथमिकी दर्ज की गयी हैं लगभग बत्तीस हजार वाहन जब्त किये गये हैं और सात करोड़ सैंतीस लाख रूपये से अधिक की राशि जुर्माने के रूप में वसूली गयी है नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयूर्विज्ञान संस्थान के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर प्रसून चटर्जी ने वरिष्ठ नागरिकों को लॉकडाउन के दौरान घर पर रहने और विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है

पल्स उनका जो बाइलॉजिकल रिजरव है बाउंड बैक करने का जो क्षमता है वो भी कम हो जाती है पल्स दे हेव मल्टीपल डिसिज जिसे हम मेडिकली मल्टीमॉब्लिटी कहते हैं उनको प्रेशर भी है उनको शुगर भी है उनको हार्ट प्रोब्लम भी है घूटनों में भी दर्द है तो सारी चीजों को एक मिक्स इफेक्ट है कोरोना इंफेक्शन जो शरीर के अंदर जा रहा है वो अपने शरीर का जो हमारा इम्यून सिस्टम है उनके साथ फाइट करके अगर कोरोना भारी पड़ती है तो उनमें मैनी फेक्टेशन हो रहा है

कोरोना आपदा के समय केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जा रही सहायता पर लोगों ने प्रसन्नता जतायी है गया के एक लाभार्थी ने आकाशवाणी के साथ बातचीत में कहा कि ऐसे समय में इस सहायता से उनका जीवन आसान हुआ है

ये कक्षाएं द्रदर्शन बिहार पर सुबह ग्यारह बजकर पांच मिनट से बारह बजे तक चल रही हैं राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी किरण कुमारी ने बताया कि लगभग साढ़े तीन लाख विद्यार्थी इससे लाभान्वित हो रहे हैं पटना की एक छात्रा संस्कृति ने बताया कि इस पहल से उन्हें अपनी पढ़ाई सुचारू रखने में मदद हो रही है

जिला प्रशासन द्वारा घटना के संबंध में संज्ञान लेते हुए उस स्थान पर जाकर निरीक्षण किया गया जिसे गलत पाया गया इलाके में सभी जरूरतमंद बच्चे और अन्य जन सामुदायिक किचेन में खाना खाते हैं

कहा राज्य अपने स्तर से दिशा निर्देश में नहीं कर सकते हैं कोई बदलाव

दिये जायेंगे एक एक हजार रूपये और मुफ्त अनाज